इनमें से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहंच रहे हैं औषधि विकास में तीन चरणों पर काम हो रहा है जिसमें मौजूदा दवाओं का प्नसंयोजन नई औषधि और घटकों पर प्रयोगशाला परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी ग्रणों की जांच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है निदान और जांच के लिए कई अन्संधान संस्थान और स्टार्टअप उद्यमों ने नये परीक्षण विकसित किये हैं

श्री खांड् ने राज्य को ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कोविड फाइटर्स के योगदान की सराहना की उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चेक गेटो से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का प्रभावी तरीके से निगरानी करना सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय ग़हमंत्रालय के दिशा निर्देशों के अन्सार राज्य में लॉकडाउन में ढील दी गई है

कल संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही अन्पात में स्वास्थ्य केँद्रों पर तैनात करने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन से देश में कर संग्रह पर असर पड़ेगा और इससे राज्य को केंद्र से मिलने वाला वित्तीय आवंटन भी प्रभावित होगा श्री खांड् ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों के वेतन से लेकर विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार केंद्रीय आवंटनों पर निर्भर है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए शराब और पेटोलियम पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्र्णबंदी के सकारात्मक परिणाम मिले हैं उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के बारे में समय से जानकारी उपलबध कराना और ऐसे मामलों का प्रबंधन बहत महतवपूर्ण है सरकार को क्छ राज्यों में इस तरह की विसंगतियों का पता चला और इसे दूर किया गया

जिला उपाय्क्त दवारा जारी आदेश के अन्सार द्रकानें स्बह छह बजे से शाम छह बजे तक ही ख्ली रहेंगी श्री द्लोम ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर इस अवधि में अन्य वाहनों को छोड़कर इस अवधि में अन्य वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी